राष्ट्रीय स्रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे रहने पर जोर दिया कहा विश्व की प्रमुख शक्ति बनने के लिए भारत को अपनी अर्थव्यवस्था वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनानी होगी जयप्र के जिला प्रमुख और भाजपा नेता मूलचंद मीणा तथा दो पूर्व मंत्री सहित चार नेता कांग्रेस में हए शामिल वहीं धौलपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक शर्मा ने कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने पटाखों के धूएं से लोगों की सेहत पर होने वाले नुकसान को देखते हुए हाल ही में पटाखों की बिकी के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये हैं जिनमें कुछ शर्तो के साथ पटाखों की बिकी को मंजूरी दी गई है पटाखे चलाने का समय शाम आठ से दस बजे का निर्धारित किया गया है

कल नई दिल्ली में आकाशवाणी के प्रतिष्ठित सरदार पटेल व्याख्यान माला में उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे रहने से ही यह संभव हो सकता है श्री डोभाल ने कहा कि सरकार के डिजिटल प्रौद्योगिकी कार्यक्रम से आज का समूचा परिदृश्य बदल सकता है उन्होंने कहा कि जब तक निजी क्षेत्र मजबूत नहीं होगा भारत समृद्व देश नहीं बन सकता श्री डोभाल ने कहा कि निजी क्षेत्र की भारतीय कंपनियों को बेहतर प्रदर्शन कर भारत के रणनीतिक क्षेत्रों को आगे बढ़ाना चाहिए इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि सरदार पटेल हमेशा राष्ट्र की एकता के लिए याद किए जायेंगे उन्होंने कहा कि लोगों को देश को मजबूत बनाने का संकल्प लेना चाहिए

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि अब तक संक्रमित पाए गए रोगियों में गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं जिनके स्वास्थ्य की निगरानी के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं स्वाइनफल डेंगू और स्कबटाइफस के मरीजों की संख्या में भी बढोतरी हो रही है स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी जिलों में लार्वारोधी गतिविधियां संचालित की जा रही है

सीकर में संकल्प महारैली के अवसर पर कांग्रेस को राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी की मौजूदगी में श्री मीणा और पूर्व मंत्री उषा पूनिया नारायण राम बेड़ा पूर्व जिला प्रमुख बिन्दू चौधरी तथा जाट नेता विजय प्रनिया कांग्रेस में शामिल हुये इधर धौलपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक शर्मा कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये श्री शर्मा ने भाजपा की सदस्यता लेने के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनके सरकारी कार्यालय में मुलाकात की

उन्होंने कहा कि देश में क्या हो रहा है इसकी राहल गांधी को जानकारी नहीं है श्री सैनी कल जयपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने बताया कि संघ एक विचारधारा है और संघ की विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा होती है संघ में काम करने के लिये महिला शाखा है जिसे राष्ट्रीय सेविका समिति कहते हैं यह शाखा महिलाओं के लिये वैसे ही काम करती है जिस तरह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पुरुषों में काम करता है

यह आदेश केवल विद्यालय के कर्मचारियों के लिए है दोनों दिन विद्यालय के कर्मचारियों को आना होगा इस दौरान उनके अवकाश स्वीकृत नहीं होंगे

जिला निर्वाचन अधिकारी रविक्मार सुरपुर ने केल चुनाव की तैयारियों के लिए आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए

इधर दिव्यांग विद्यार्थियों ने कल जालोरी गेट से कलक्ट्रेट तक मतदाता जागरुकता स्कूटी और साइकिल रैली निकालकर लोगों को अधिकाधिक मतदान करने का संदेश दिया

कैंप का शुभारंभ एनसीसी राजस्थान के उप महानिदेशक एयर कोमोडोर तरुण कुमार सिन्हा ने किया

इस अवसर पर श्री सिन्हा ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि एनसीसी सफलता का एक पायदान है गौरतलब है कि वायुसेना की ओर से हर साल ऑल इंडिया कैंप का आयोजन किया जाता है इसमें देशभर की एयर स्क्वाइन के बेहतरीन कैंडेट्स का चयन किया जाता है यहां केवल प्रतियोगिताएं होती है जिसमें से बेस्ट कैंडेट्स च्चने जाते हैं जोधपुर में यह लगातार चौथा कैंप है चार दिसम्बर को कैंप का समापन होगा

दीपोत्सव मेले में एक ही छत के नीचे गुणवत्तापूर्ण पटाखों सहित सभी आवश्यक त्योहारी वस्तुएं सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगी